मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के निकटतम आश्रित को चार चार लाख रूपये के अनुग्रह सहायता राशि देने की घोषणा की प्रदेश में कोविड टीकाकरण की संख्या बढ़कर आठ लाख तैंतीस हजार हुई

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन

और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी में बढ़ोतरी

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

अभी भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है घटनास्थल पर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है बताया जाता है कि स्कूल की चहारदीवारी से सटे एक नाला बनाने के क्रम में दीवार के पास भारी मात्रा में पानी जमा हो गया था जिसके चलते दीवार कमजोर होकर गिर गयी पुलिस हादसे की जांच कर रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया हादसे पर दुःख व्यक्त किया है उन्होंने मृतकों के निकटतम आश्रितों को चार चार लाख रूपये की अनुग्रह सहायता राशि देने की घोषणा की है उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है देश में अब तक दो करोड़ नौ लाख लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान छियासठ हजार से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है इस बीच देश में स्वस्थ होने की दर छियानवे दशमलव नौ एक प्रतिशत हो गई है कल एक दिन में चौदह हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए मंत्रालय ने बताया है कि एक करोड आठ लाख से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं वर्तमान में एक लाख अठासी हजार सात सौ सैंतालीस सक्रिय मामले हैं जो कि कुल संक्रमित लोगों का एक दशमलव छह आठ प्रतिशत है चौबीस घंटों के दौरान अठारह हजार पांच सौ निन्यानवे नये मामलों की पुष्टि हुई इसी दौरान संतानवे रोगियों की इस संक्रमण से मौत हुई है कुल मृतक संख्या एक लाख संतावन हजार से अधिक हो गई है एम्स पटना के कोविड मामलों के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने लोगों से कोविड टीके की पहली खुराक लेने के बावजूद मास्क पहनने और अन्य प्रकार की सावधानी बरतने की अपील की है

इस दौरान वरिष्ठ महिलाओं और पैंतालीस वर्ष से ऊपर की आयु की बीमार महिलाओं को टीके दिये गये साठ वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को उनके घर से मेहमान की तरह बुलाने की व्यवस्था की गयी थी इधर राज्य में कोविड टीकाकरण कराने वाले लोगों की संख्या आठ लाख तैंतीस हजार हो गयी है छह लाख छियालीस हजार लोगों को कोविड टीके का पहला डोज दिया गया है वहीं एक लाख सतासी हजार लोगों को टीके की द्सरी डोज दी जा चुकी है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है इसका विचार सबसे पहले बारहवीं सदी में उत्तरी अमरीका और यूरोप में श्रम आंदोलनों की गतिविधियों के दौरान उभरा था विश्व में स्त्री पुरूष समानता महिला उपलब्धियों और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए यह दिवस हर वर्ष आठ मार्च को आयोजित किया जाता है इस वर्ष महिला दिवस का विषय है महिला नेतृत्वः कोविड काल में विश्व में समान भविष्य की प्राप्ति

महिलाओं ने न्यूयॉर्क में उनकी नौकरी के घंटे कम करने और साथ ही उनका वेतन बढ़ाने के लिए मांग रखी थी महिलाओं की हड़ताल इतनी कामयाब रही कि वहां के सम्राट निकोलस को पद छोड़ना पड़ा और अंतरिम सरकार ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया महिलाओं के इस आंदोलन को सफलता मिली और एक साल बाद ही सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया जिसके बाद से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई

यही नहीं हडताल के दौरान उन्होंने अपने पतियों की मांग का समर्थन करने से भी मना कर दिया था और उन्हें युद्ध को छोडने के लिए राजी भी कराया था

महिला सशक्तिकरण केन्द्र सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है महिलाओं के लिए बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य और उनके प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही हैं हमारी संवाददाता ने बताया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से बालक बालिकाओं के अनूपात में वृद्धि दर्ज की गई है

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस उपलब्ध कराई जा रही है

लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं से संबंधित समस्याओं को लोगों के बीच ला रहा है इसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए रेडियो के माध्यम से उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर भी दे रहा है आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सेकिया महिला दिवस के अवसर पर विधानसभा में आज ज्यादातर कार्यवाहियों में महिला विधायकों को प्राथमिकता दी गयी प्रश्नकाल शून्यकाल और ध्यानाकर्षण के दौरान ज्यादातर विषय महिला विधायकों द्वारा ही उठाये गये वहीं विभिन्न विभागों के बजट अनुदान पर चर्चा के दौरान भी ज्यादातार महिला सदस्यों ने ही अपनी बात रखी अध्यासीन सदस्य के रूप में महिला सदस्यों ने सदन की कार्यवाही का संचालन भी किया विधायक गायत्री देवी और ज्योति देवी ने कार्यवाही का संचालन किया इधर कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने महिला विधायकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी उन्होंने कहा कि आज महिलाएं पुरूषों के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं वहीं विभिन्न दलों की महिला विधायकों ने सदन में अपनी बात रखी और विधानसभा में महिलाओं के लिये तैंतीस प्रतिशत आरक्षण का पुरजोर समर्थन किया दूसरी तरफ विधान परिषद् में कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने महिला सदस्यों को सम्मानित किया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी प्रदेश में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा से लेकर टिकट बुकिंग तक सभी प्रकार की जिम्मेदारी महिला कर्मियों ने निभायी ट्रेनों का भी परिचालन महिला ड्राईवरों ने किया राज्य के विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बीच ऋण वितरण किया गया शेखपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि केनरा बैंक की शाखा की ओर से जीविका समूह की दो सौ संगठनों को लगभग छह करोड़ रूपये का ऋण दिया गया इधर पश्चिम चंपारण जिले में अनुमंडलीय अस्पताल में महिला सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने इस अवसर पर पांच महिला उद्यमियों को पचपन लाख रूपये के ऋण प्रदान किये वहीं छह छात्राओं के बीच स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत चौबीस लाख रूपये का ऋण वितरित किया गया उधर समस्तीपुर जिले के पूसा स्थित डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आज कहा कि रेहड़ी पटरी वालों को प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण देने को कहा गया है श्री प्रसाद ने विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि जरूरतमंद लोगों को बैंकों से शीघ्र ऋण मिल सके इसके लिये निर्देश दिये गये हैं

उन्होंने चिंता जतायी कि अब तक नवासी हजार छह सौ बत्तीस आवेदनों में से अठाईस हजार पांच सौ सैंतीस ही स्वीकृत किये गये हैं गौरतलब है कि रेहड़ी पटरी वालों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत उनके व्यवसाय में बढ़ोतरी के लिये बिना कोई चीज गिरवी रखे एक साल में दस हजार रूपये का ऋण देने का प्रावधान है प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में गर्मी में बढ़ोतरी हुई है मौसम वैज्ञानिक आरती गुप्ता ने बताया कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान गर्मी में और बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है

वहीं पटना का अधिकतम तापमान बत्तीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रहा स्कूली शिक्षा से वंचित बच्चों को दाखिला दिलाने के लिये आज से राज्य भर में प्रवेशोत्सव अभियान की शुरूआत की गयी है इसके तहत गली मुहल्लों में जाकर अभिभावकों को बच्चों का नामांकन कराने के लिये प्रेरित किया जा रहा है यह अभियान बीस मार्च तक चलेगा कटिहार जिले में अपराधियों ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत भौराबारी इलाके में एक बैंक ग्राहक केन्द्र संचालक को गोली मारकर घायल कर दिया और उससे तीन लाख से ज्यादा रूपये लूट लिये भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड में एक ट्रक की चपेट में आने से एक ऑटोरिक्शा में सवार सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गये सीतामढ़ी जिले में परसौनी थाना क्षेत्र इलाके में अज्ञात अपराधियों ने एक आभूषण व्यवसायी से दिन दहाड़े लगभग ढाई लाख रूपये के जेवर लूट लिये नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र में पुलिस ने नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है इस मामले में गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के निकटतम आश्रित को चार चार लाख रूपये के अनुग्रह सहायता राशि देने की घोषणा की प्रदेश में कोविड टीकाकरण की संख्या बढ़कर आठ लाख तैंतीस हजार हुई

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन

और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी में बढ़ोतरी